राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी अत्येष्टि

कोरोना वायरस के खिलाफ भारत के संघर्ष को और सुदृढ़ करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए आयोजित राज्यों और केन्द्रंशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही

इन राज्यों में महाराष्ट्र दिल्ली और तमिलनाड जैसे राज्य शामिल हैं प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि समय रहते तैयारियां सुनिश्चित कर लिए जाने से देश में रोगियों के स्वस्थ होने की दर काफी ऊंची है प्रधानमंत्री ने देशवासियों के अनुशासन के उच्चस्तर का जिक्र करते हुए कहा कि इसी की वजह से महामारी की बेहतर ढंग से रोकथाम संभव हो पाई है उन्होंने कोरोना वायरस के बाद सामान्य स्थिति में लाने के लिए एनजीओ और निजी क्षेत्र समेत सभी संगठनों से एकजुट होकर और अधिक प्रयास करने का भी आग्रह किया झारखंड में आज गुमला से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या एक हजार आठ सौ चालीस हुई वहीं अब तक राज्य में कोरोना से दस मौतें हो च्की हैं रांची के रिम्स में इलाजरत पच्चीस वर्षीय युवती की मौत हो गयी है नए संक्रमित की पहचान तथा मरीजों के स्वस्थ होने के बाद राज्य में सक्रिय केसों की संख्या सात सौ आठ हो गई है इनमें ज्यादातर प्रवासी हैं जो हाल ही में विभिन्न राज्यों से लौटे हैं संक्रमित की पहचान तथा मरीजों के स्वस्थ होने के बाद राज्य में सक्रिय केसों की संख्या सात सौ आठ हो गई है

रामगढ़ जिले में मनरेगा के तहत सभी प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है देश के अलग अलग राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूर नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई है

सिंदरी से भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो ने आज लॉकडाउन उल्लंघन मामले में कोर्ट में आत्मसमर्पण किया मामले की सुनवाई के बाद रवि नारायण की कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया

आपको बता दें कि सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो बिना सरकारी अनुमति के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के तिलैया में एक ट्रांसफॉर्मर का उद्घाटन करने पहुंचे थे

हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना संदिग्ध व्यक्ति की आज मौत हो गई

मौत के बाद उसका सैंपल रिम्स भेजा गया है मृतक के दो बेटे भी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है जिले के इचाक प्रखंड का रहने वाला यह मरीज पन्द्रह जून को मुंबई से हजारीबाग पहुंचा था यहां स्क्रिनिंग के बाद उसे होम क्वारैंटीईन में भेज दिया गया

इधर रिम्स से जांच रिपोर्ट आने के बाद ही शव परिजनों को सौंपा जाएगा इधर रांची के रिम्स में भर्ती युवती की आज कोरोना से मौत हो गयी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 उन्नीस जून को राज्यसभा चुनाव के मतदान को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है एनडीए के विधायकों ने आज रांची स्थित निजी विद्यालय परिसर में बैठक की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओमप्रकाश माथुर और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह भी मौजूद रहे बैठक में चुनावी रणनीति बनायी गई विधायकों को आज से रांची स्थिति निजी विद्यालय के परिसर में रहने के लिए कहा गया है अगले दो दिनों तक विधायकों को सम्पर्क करने से मना किया गया है बैठक में आजसू प्रमुख सुदेष महतो भी शामिल हुए उन्होंने एनडीए को समर्थन देने की बात कही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हुई मुलाकात को राजनीतिक षिष्टाचार बताया राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज पच्चीस प्रस्तावों की मंजूरी दी गई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने की अध्यक्षता में बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने पत्रकारों को बताया कि पथ निर्माण विभाग की बीस परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी

साहिबगंज जिले के सदर प्रखंड के डीहारी गांव के चीन सीमा पर लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद जवान कुंदन ओझा के घर पर दिनभर लोगों का तांता लगा है

एसडीओ पंकज कुमार साव साहिबगंज सदर पुलिस इंस्पेक्टर धर्मपाल और बीडीओ प्रतीमा कुमारी ने शहीद को श्रधांजलि और सलामी देने के लिए मिर्जाचौकी गैलेक्सी मैदान का निरीक्षण किया इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड की चिंगडा पंचायत के कोसाफलिया गांव के सेना के जवान गणेश हांसदा मंगलवार को लद्दाख सीमा पर चीन के हमले में शहीद हो गए

कोरोना के संक्रमण काल में आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर बढ़ते आज के युवा किसी से कम नहीं